राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को मिला सुरक्षा कवचशिकायत पंजीकरण पोर्टल शी बॉक्स का भी शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को जनता से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और फाइल मूवमेंट में तेजी लाने के दिये निर्देश देहरादून के थानो और रायपुर अस्पताल में एम्स ऋषिकेश उपलब्ध कराएगा स्वास्थ्य सुविधाएं

आज देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री गहलोत ने बताया कि सामाजिक सम रसता के लिए केंद्र सरकार का यह ऐतिहासिक फैसला है उन्होंने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों में आरक्षण को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं

इस सुरक्षा कवच के जरिए महिलाएं और बालिकाएं अपने साथ हो रही किसी भी घटना की सूचना मात्र तीन सैकेंड में परिवार पुलिस महिला और बाल विकास विभाग तक पहंचा सकेंगी देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में महिला संशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से सुरक्षा बटन और शिकायत पंजीकरण पोर्टल शी बॉक्स का श्भारम्भ महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने किया

जिलाधिकारी रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि बेटियों को जीवन देना सभी का प्रथम दायित्व होना चाहिए उन्होंने कहा कि बेटी जीवन का आधार है अगर बेटियों जन्म ही नहीं लेंगी तो संसार थम जायेगा इसलिए बेटियों के जन्म को बोझ न समझते हुए उसे उत्साह पूर्वक स्वीकारें और बेटियों को प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें यहां आयोजित कार्यक्रम में कराटे में स्वर्ण पदक विजेता साक्षी बिष्ट और पूजा बिष्ट को जेण्डर चौम्पियन के रूप में सम्मानित किया गया इस अवसर पर लगभग महिलाओं को गोद भराई की रस्म के तहत फल और पौष्टिक आहार भी दिया गया स्लग राष्ट्रीय बालिका दिवस टिहरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगांई ने बालिकाओं को सोशल लीडर बनकर समाज को जागरूक करने का आहवान किया उन्होंने कहा कि बालिकाएं हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं उन्होंने समाज में असामना को समाप्त करने और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शपथ दिलाई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

आकाशवाणी से बातचीत में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कार्यक्रम के इस सत्र का स्वरूप वैश्विक होगा क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व एशिया और रूस सहित विभिन्न देशों के विद्यार्थी भाग लेंगे स्लग ईवीएम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन आयोग चुनाव के लिए ई वी एम और मतदान पुष्टि पर्ची वी वी पैट का इस्तेमाल जारी रखेगा आज नई दिल्ली में चुनाव विषय पर आयोजित एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही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 स्लग फाइल मूवमेंट मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनता से जुड़े मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ ही फाइल मूवमेंट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं बुधवार को देहरादून में एक बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की समीक्षा की उन्होंने हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सप्ताह में काम शुरू करने और एक साल में इसे पूरा करने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास के अन्तर्गत चल रही योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी ली

इनमें अधिकांश उधमसिंह नगर व नैनीताल से हैं

स्लग सेनानी सम्मान मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि देहरादून जिले के थानों और रायपुर अस्पताल को एम्स को दिया गया है इन अस्पतालों में एम्स ऋषिकेश द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी इन अस्पतालों में सेवाएं शुरू करने के लिए एम्स ऋषिकेश को प्रस्ताव भेजा गया है आज थानों में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचन्द अग्रवाल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया

स्लग रेलवे नई भर्ती रेलवे अगले दो साल में दो लाख तीस हजार कर्मचारियों की नई भर्ती करेगा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

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

प्रियंका को बालिकाओं को शिक्षित करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए यह सम्मान दिया गया है प्रियंका गर्ग ने अपनी टीम के साथ प्रदेशभर में नारी की चौपाल मन की बात और विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए बालिका शिक्षा के लिए लोगों को जागरूक किया है खासकर उन परिवारों को जो बालिकाओं को स्कूल भेजने से कतराते हैं उन्होंने कई बालिकाओं को अपने प्रयासों से स्कूल पहुंचाने का काम किया प्रियंका लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी देती हैं

चम्पावत जिले के सात हजार अठानब्बे परिवारों के लगभग तीन लाख लोगों को योजना का लाभ मिलना है

गोल्डन कार्ड बनाने के लिए टनकप्र चम्पावत लोहाघाट पाटी बाराकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही दर्जनभर सीएससी सेन्टरों में कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है

जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं हैं उनके वोटर आईडी से भी गोल्डन कार्ड बनाये जा रहे हैं